पाटलिपुत्र सीट से भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव और राजद प्रत्याशी मीसा भारती का नामांकन आज और प्रदेश में तेज धूप का सिलसिला जारी

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से लेकर अंतिम चरण तक के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है विभिन्न पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दरभंगा में एनडीए प्रत्याशी गोपालजी ठाकूर के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे श्री मोदी की यह प्रदेश में पांचवीं सभा है उनके साथ जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और मंगल पांडेय मौजूद रहेंगे तीस अप्रैल को प्रधानमंत्री का मुजफ्फरपुर में चुनावी कार्यक्रम है वहीं अट्ठाईस अप्रैल को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सीतामढ़ी में जदयू उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू और सारण में भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूड़ी के पक्ष में प्रचार करेंगे इधर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज उजियारपुर और मुंगेर में चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी पाटलीपुत्र से पार्टी उम्मीदवार रामकुपाल यादव के नामांकन में शामिल होंगे बाद में श्री मोदी बेगूसराय में एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह के समर्थन में रोड शो करेंगे वहीं राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का मुंगेर बेगूसराय डिहरी आरा और दानापुर में चुनावी कार्यक्रम है जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी बेगूसराय में सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी इधर चुनाव प्रचार में विभिन्न दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है महागठबंधन के नेता ने अपने चुनाव प्रचार में भाजपा पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए लोगों से अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन की अपील कर रहे हैं रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने दरभंगा में महागठबंधन प्रत्याशी अब्दूल बारी सिद्दिकी के पक्ष में चूनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आरक्षण को समाप्त करने की साजिश की जा रही है जिसे सफल नहीं होने दिया जायेगा सभा को विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी संबोधित किया इधर सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव सुधाकर रेड्डी ने बेगूसराय सीट पर राजद से अपना प्रत्याशी वापस लेने की अपील की है श्री रेड्डी ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार को अधिक से अधिक वोटों से हराने के लिए तेजस्वी यादव को अपना प्रत्याशी हटा लेना चाहिए वहीं लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने सारण में एनडीए उम्मीदवार राजीव प्रताप रूड़ी के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली में कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने जात पात खत्म किया है और अब गरीबी मिटाने के लिए संकल्पित है पाटलिपुत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा को मुद्दाविहीन बताया भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी सबका साथ सबका विकास के मूलमंत्र पर चल रही है संवाददाता सम्मेलन में पटना साहिब से पार्टी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह चुनाव देश का भविष्य तय करेगा वैशाली से लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी के नामांकन को लेकर अब से थोड़ी वेर बाद नौ बजे से सुनवाई होगी जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि लोजपा उम्मीदवार का पक्ष सुनने के बाद अंतिम फैसला किया जायेगा वीणा देवी पर अपने नामांकन में एससी एसटी एक्ट का मुकदमा छुपाने का आरोप है इधर वीणा देवी का नामांकन पर्चा रद्द करने की मांग को लेकर आज सुबह से राजद और अन्य विपक्षी दलों के कार्यकर्ता समाहरणालय परिसर में धरने पर बैठ गये हैं कल देर रात तक राजद उम्मीदवार रघुवंश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय में धरना प्रदर्शन किया हमारे संवाददाता ने बताया कि धरना रात के बारह बजे तक चला मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है इधर वीणा देवी ने कहा है कि उन्हें आजतक इस केस के संबंध में कभी समन या नोटिस नहीं मिला यदि नोटिस मिला होता तो वे नामांकन पत्र में इसका उल्लेख अवश्य करती द्रसरी तरफ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा है कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति निर्वाची पदाधिकारी का विशेषाधिकार है इसके लिए कोई व्यक्ति या संस्था उन पर दबाव नहीं बना सकती है निर्वाची पदाधिकारी के निर्णय पर सिर्फ उच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है लोकसभा चूनाव के सातवें और अंतिम चरण में प्रदेश की आठ सीटों पर उन्नीस मई को होने वाले चूनाव के लिए कल पच्चीस उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किये पूर्व में इस चरण के लिए तेरह उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भर चुके हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि कि जहानाबाद से भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की कुंती देवी समेत दो नालंदा से चार पाटलिपुत्र से तीन बक्सर से चार पटना साहिब से तीन आरा से दो सासाराम से दो और काराकाट से पांच प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किये हैं वहीं डेहरी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र भरा है पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से एनडीए से भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव और महागठबंधन से राजद उम्मीदवार मीसा भारती आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी गीता कुमारी के नामांकन पर्चा को रद्द करने के मामले दायर याचिका को खारिज कर दिया है न्यायाधीश विकास जैन की एकल पीठ ने निर्वाची पदाधिकारी की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी प्रदेश में तेज धूप और गर्मी का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है मौसम विभाग के अनुसार अगले एक से दो दिनों तक अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस के आस पास बना रहेगा पूरबा हवा के कारण वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है

पटना हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी निचली अदालतों के प्रातकालीन चलने वाले न्यायिक कार्य के समय में बदलाव किया है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब जिलों की निचली अदालतों में न्यायिक कार्य सुबह सात बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक चलेंगे बिहार लोक सेवा आयोग ने चौसठवीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फार्म भरने की अंतिम तारीख तीस अप्रैल तक बढ़ा दी है विशेष जानकारी आयोग की वेबसाइट बीपीएससी डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी डॉट इन पर उपलब्ध है रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के वेलवइयां गांव के पास अपराधियों ने एक व्यवासयी की गोली मारकर हत्या कर दी और चार लाख रूपये लूटे लिये साथ ही व्यवसायी के पुत्र को भी गोली मारकर घायल कर दिया दूसरी तरफ पूर्णिया जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गूडा चौक के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति से सवा लाख रूपये लूट लिये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 हिन्दुस्तान लिखता है जस्टिस गोगोई मामले में कथित साजिश पर शीर्ष अदालत चिंतित कहा तह तक पहुंचने के लिए जांच करते रहेंगे

दैनिक भास्कर ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बयान को प्रमूखता देते हुए लिखा है महागठबंधन जीता तो सोमवार से शनिवार तक रोज बदलेंगे पीएम प्रभात खबर की सुर्खी है रमैया को गिरफ्तार कर हाईकोर्ट में पेश नहीं कर सकी पुलिस राष्ट्रीय सहारा की खबर है वीवीपैट से पचास फीसद मिलान को फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष आज की सुर्खी है पूर्वोत्तर राज्यों में पांच दशमलव नौ तीव्रता के भूकंप

पाटलिपूत्र सीट से भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव और राजद प्रत्याशी मीसा भारती का नामांकन आज और प्रदेश में तेज धूप का सिलसिला जारी